इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी है एक टवीट में उन्होने कहा कि हिन्दी ने अभिव्यक्ति में सहजता सरलता और शालीनता की भावना को बहुत सुंदर ढंग से आत्मसात किया है

इधर प्रदेश में भी हिन्दी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राजधानी भोपाल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये है

कार्यक्रम में हिन्दी के जाने माने साहित्यकार अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे वहीं होशंगाबाद जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी सरकारी निजी संस्थानों सहित स्कूल कालेजों में भी हिन्दी लेखन कविताओं पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है अन्य जिलों से भी हिन्दी दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले है

इंदौर में चलने वाली यह मेट्रो ट्रेन लगभग जयपुर जैसी होगी जिसमें छह कोच होंगे हालांकि पहले चरण में तीन कोच ही रहेंगे

इसके लिये भोपाल में एक आउटलेट खोला गया है राज्य पशुपालन मंत्री लाखन सिंह का इस बारे में कहना है कि इसके खुल जाने से लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे और दूध मिलेंगे वहीं भाजपा ने इसका विरोध किया है पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि गाय के दूध को चिकन और अंडे के साथ बेचा जा रहा है इससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है

हालांकि व्यापम के तीन तत्कालीन कर्मचारियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है

इस परीक्षा में ओएमआर शीट का लिफाफा खोला गया था तो उसमें दो ओएमआर शीट गायब थी ये शीट उन दो परीक्षार्थियों के नाम की थी

हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया है साथ ही इंदौर कोटा राजमार्ग भी बंद हो गया है उधर मुरैना जिले में चंबल नदी में बन रहे रेल पुल पर कार्य कर रहे मजदूरों पानी में बह गये थे बाद में कंपनी की मोटरवोट ने रेस्क्यू कर पांचों को बचा लिया जिले में लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

जिले के रामनगर तहसील के सबसे अधिक वर्षा हुई है बेतवा नदी में बाढ आने से रायसेन जिले में नदी के किनारे के क्षेत्रों में सोयाबीन और धान की फसल को नुकसान होने की खबर है वहीं जिले के उमरावगंज थाना के ददरोद गॉव में जल भराव में फसे लोगों को बचाने के लिए आपदा और बचाव दल की टीम पहुॅच गयी है